चीनी सेना के वाहनों की वापसी गलवान हॉटस्प्रिंग और गोगरा में देखी गई

उधर भारत और चीन आपसी संबंधों के विकास के लिए सीमा पर शांति बहाली के लिए सहमत हो गए हैं विदेश मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की कल इस मुद्दे पर व्यापक विचार विमर्श के बाद यह सहमति बनी प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने का सिलसिला जारी है

इसके अलावा एक अन्य राज्य के व्यक्ति में भी इस वायरस की पुष्टि हुई है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मामलों को देखते हुए जांच का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि संदिग्ध मरीजों के जांच सैम्पल का माइको मैनेजमेंट कर यह सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना की जांच रिपोर्ट आने में देरी ना हो श्री गहलोत ने कल एक समीक्षा बैठक में कहा कि हमारा लक्ष्य कोरोना से होने वाली मौतों को घटाना है विशेषज्ञ चिकित्सकों ने प्लाज्मा थैरेपी जैसी पद्धति पर ध्यान केन्द्रित करने का सुझाव दिया है श्री गहलोत ने कहा कि चिकित्सक इस पर विमर्श करे कि यदि यह थैरेपी अब तक के शोध के अनुसार सफल रही है तो प्लाज्मा डोनेशन के लिए विशेष कैम्प लगाए जाएं मुख्यमंत्री ने हैल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने को कहा उन्होंने जल्द से जल्द संस्थागत और होम क्वारेंटीन में रह रहे संदिग्ध मरीजों की शत प्रतिशत चैकिंग के लिए अभियान चलाने को कहा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने परीक्षाओं से संबंधित अपने पूर्व के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है सुरक्षा विद्यार्थियों की प्रगति और व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने तय किया है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का मूल्यांकन पूर्व के दिशा निर्देशों के मुताबिक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होगा यूजीसी ने यह भी तय किया है कि अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की परीक्षा सितंबर में होगी जो कि पहले जुलाई में होनी थी

देश के कई भागों में बिजली गिरने से लोगों की जान जाने की हाल की घटनाओं के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है आकाशवाणी से विशेष बातचीत में एनडीएमए के सदस्य कृष्ण वत्स ने बिजली गिरने के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा उपायों की जानकारी दी